मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सभी जिलो में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कट्रोल सेण्टर पूरी सक्रियता से संचालित किये जाए प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए उन्होंने ई संजीवनी एप का व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को ऑनलाइन ओपीडी सेवा का लाभ दिलाया जाए गैरतलब है कि प्रदेश में दो लाख लोगों द्वारा अब तक ई संजीवनी एप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया गया इस एप का उपयोग करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है श्री योगी ने कहा कि दीपावली के बाद मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन करने के सम्बन्ध में सभी तैयारियां कर ली जाए उन्होंने कहा कि आरोग्य मेले में कोविड नाइन्टीन के सम्बन्ध में रैपिड एण्टीजन टेस्ट की सुविधा भी प्रदान की जाए केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन फिल्मों दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों ऑनलाइन समाचार और समसामायिक विषयों के कार्यक्रमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का आदेश जारी कर दिया है इससे नेटफ्लिक्स हॉटस्टार प्राइम वीडियो और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स जैसे ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफार्म के प्रसारण अब सुचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ जाएंगे आज नई दिल्ली में जारी गजट अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई है फिलहाल डिजिटल सामग्री के विनियमन के लिए भारत में कोई स्वायत्त संगठन या कानून नहीं है देश में भारतीय प्रेस परिषद मुद्रित माध्यम यानी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली सामग्री को देखती है समाचार चैनलों पर ध्यान देने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए है जबकि एडवरटाइजिंग स्टैंडर्डस कॉउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापनों का ध्यान रखती है इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी फिल्मों की निगरानी करता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार और केन्द्र की कल्याणकारी योजनाओं ने हमारी पार्टी को लोगों के करीब पहंचाया है प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा ने विधानसभा की सात सीटों के उपचुनाव में छह सीटें जीती हैं एक सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सफलता को अपनी सरकार द्वारा जनता के लिए कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों का नतीजा बताया श्री योगी ने कहा कि इस जीत से इस बात के संकेत मिलते हैं कि पार्टी इसी अंदाज में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन करेगी देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर बढकर बानबे दशमलव सात नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पचास हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की संख्या अस्सी लाख के पार हो गई है इस समय संक्रमित मामलों में से केवल पांच दशमलव सात तीन प्रतिशत लोगों का इलाज चल रहा है देश में इस समय चार लाख चौरानबे हजार छः सौ सत्तावन लोग इससे संक्रमित हैं जाने माने फिल्म निर्माता और निदेशक साजिद नाडियाडवाला ने कहा है कि देश विदेश के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के टीके के निर्माण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र का पालन करें आकाशवाणी से बातचीत में श्री नाडियाडवाला ने कहा कि यही समय है जब हमें अपने महान देश के साथ एकजुट होना चाहिए आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसन विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन चर्चा में भाग लेंगे श्रोता हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छ सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं लैंडलाइन नम्बर शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है बस्ती जिले के कोतवाली क्षेत्र में आज अमहट घाट के पास एक अनियत्रित कार के क्आनों नदी में गिरने से उसपर सवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हो गई जबकि दो की हालत गम्भीर है घायलों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार सवार लोग उत्तराखण्ड से बिहार की तरफ जा रहे थे